ये पुरस्कार उन श्रेष्ठ शिक्षकों को दिये गये हैं जिन्होंने अपनी प्रतिबद्वता से न केवल स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार किये बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी बेहतर बनाया इनमें उत्तराखंड के शिक्षक भी शामिल हैं इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्कूलों में ही चरित्र निर्माण का आधार बनता है राष्ट्रपति ने शिक्षकों से उनकी बुनियादी जिम्मेदारियां समझने को भी कहा श्री कोविंद ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन न केवल एक महान दार्शनिक राजनीतिज्ञ और लेखक थे बल्कि एक विलक्षण शिक्षक भी थे समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए मिशन मोड में काम किया जाएगा देहरादून में घोषणाओं की समीक्षा बैठक में उन्होंने एक निश्चित समय में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नियोजित तरीके से काम करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए स्कूल कॉलेज के बच्चों सहित आंगनबाड़ी आशा कार्यकत्रियों और अन्य लोगों का भी सहयोग लिया जा सकता है बैठक में मुख्यमंत्री ने गतिमान घोषणाओं की समीक्षा करते हुए विकास कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिये शिक्षक दिवस राजभवन प्रदेश में शिक्षक दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

इस अवसर पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि जिन शिक्षकों को सम्मानित किया गया है उन्होंने बच्चों के हर पहलु को छुआ है उनकी प्रतिभा को उजागर करने का काम किया है वंही सम्मान पाने वाले शिक्षकों ने भविष्य में बेहतर कार्य करने की बात कही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय भी मौजूद रहे वहीं मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा कि विद्यार्थियों को योग्य नागरिक बनाने के साथ ही उनके चरित्र निर्माण में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षक सही मायनों में राष्ट्र निर्माता होते हैं उधर गोपेश्वर में शिक्षा दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया

प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को उत्साहपूर्वक मनाया गया प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉ राधाकृष्णनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किये आंचल अमृत योजना बागेश्वर में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का शुभारंभ किया गया

आंचल अमृत योजना बच्चों में कुपोषण की समस्या दूर करने में मददगार साबित होगी इस अवसर पर शिक्षक दिवस भी मनाया गया कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों समेत बालिकाओं को भी सम्मानित किया गया

अधिकारियों की बेहतर मानीटरिंग के लिए जिलाधिकारी को सीएम हेल्पलाइन का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और मंडलायुक्त को मंडल का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है

इस अभियान के अंतर्गत नदी के स्रोत से ही छोटे छोटे गड्वे बनाकर उनमें वर्षा जल एकत्र करने के साथ साथ घासों और वृक्षों का रोपण कर हरियाली बढ़ाई जाएगी इससे एक ओर वर्षा का पानी सीधे बहने की बजाय गड्डों में जमा होगा और भूजल भंडार रिचार्ज होंगे इस अभियान की शुरुआत के अवसर पर पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट और जगत सिंह जंगली की उपस्थिति में बड़ी संख्या में नदी के आसपास गड्ढे खोद कर और पौधे रोपे गए अभियान में बड़ी संख्या में छात्र सेना आईटीबीपी पुलिस के जवानों अफसरों और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे विशेषज्ञों और जिले के अधिकारियों ने भागीदारी की

प्रतियोगिता के लिये जूनियर बालक बालिका वर्ग में प्रतिभागियों का चयन कर लिया गया है

राज्यस्तरीय प्रतियोगिता आगामी सात और आठ सितम्बर को अल्मोड़ा स्टेडियम में आयोजित की जायेगी

विकास कार्य चमोली जिले में विभिन्न विभागों के माध्यम से नवाचार के तहत अनेक कार्य शुरू किए गए हैं जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने नवाचार क्रियान्वयन समिति के सभी नोडल अधिकारियों की बैठक लेते हुए नवाचार के तहत प्रस्तावित कार्यों में तेजी लाते हुए योजनाओं को जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश दिए वहीं जिलासू को आयुर्वेदा विलेज के रूप में विकसित करने की कवायद भी शुरू हो गई है पंचकर्मा सेंटर को भी आधुनिक बनाया जा रहा है मेडिटेशन सेन्टर योगा केन्द्र हर्बल गार्डन होम स्टे राफ्टिंग आदि की व्यवस्था भी की जा रही है जिलाधिकारी ने यहां पर मनरेगा से भूमि सुधार हर्बल गार्डन तैयार कराने और होम स्टे संचालन के लिए एसएचजी को तैयार करने के निर्देश दिए हैं होम स्टे संचालन के लिए कुछ समूहों से आवेदन भी प्राप्त हुए हैं

इसकी शुरुआत प्रेम नगर चौक से की गई सभी विभागों की टीमों ने बुलडोजर और श्रमिकों के साथ अतिक्रमण हटाया अतिक्रमण वाले स्थानों पर निशान भी लगाए जा रहे हैं प्रशासन की कार्रवाई से दुकानदारों में नाराजगी भी नजर आयी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की वजह से अतिक्रमण हटाने का कार्य रोक दिया गया था

जिले में मिशन खुशियां के तहत नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत आज रुद्रपुर में जिलाधिकारी ने मेडिकल स्टोर स्वामी केमिस्टो और फार्मासिस्टों के साथ बैठक की उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल स्टोर स्वामी सहयोग करें तो नशे पर पूरी तरह अंकुश लग सकता है उन्होंने मेडिकल स्टोर स्वामियों को डॉक्टर की लिखित पर्ची के अनुसार ड्रग्सयुक्त दवाइयों के नाम रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश दिये और ऐसा न करने वालों का लाइसेंस निरस्त करने की बात कही जिलाधिकारी कहा किजो मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस के ड्रग्स बेच रहे है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी